यह दिवस बालिकाओं को समान अवसर स्निश्चित करने पर जोर देने के लिए मनाया जाता है इस अवसर पर अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है जिसमें बेटियों के स्वास्थ्य और स्रक्षा के लिए समाज को जागरूक किया जाता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में शानदार उपलब्धि हासिल करने के लिए देश की बेटियों की सराहना की है एक ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने लडकियों के सशक्तिकरण उनकी शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य सेवा तथा भेदभाव समाप्त करने की दिशा में बह्त से कदम उठाए हैं श्री मोदी ने कहा कि आज का दिन लडकियों के सशक्तिकरण के लिए काम करने वालों तथा उन्हें सम्मान के साथ जीवन में समान अवसर दिलाने वालों की सराहना का दिवस भी है

शिक्षा मंत्रालय ने समग्र शिक्षा कार्यक्रम की श्रुआत की है जो विभिन्न स्तरों पर बालिका शिक्षा प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर रहा है इसके अलावा देश में शैक्षिक रूप से पिछड़े विभिन्न हिस्सों में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों को मंजूरी दी गई है ये विद्यालय स्कूली शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर लैंगिक अंतर को कम करेंगे और वंचित सम्दायों की बालिकाओं को ग्णवत्ता य्क्त शिक्षा उपलब्ध कराएंगे केन्द्र ने माध्यमिक शिक्षा में व्यवसायगत पाठ्यक्रमों को मदद दी है जिससे बालिकाओं को अपनी पसंद का पाठ्यक्रम च्नने का अवसर मिला है इससे लैंगिक भेदभाव भी कम होगा

इस दौरान कल एक मरीज स्वस्थ हुए है और इस वायर्स से स्वस्थ होने की दर निन्यानवे दशमलव चार चार प्रतिशत है

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कल ग्वाहाटी में केंद्रीय सशस्त्र बलों के करीब अट्ठाईस लाख जवानों और उनके परिवारों के लिए आयुष्मान सी ए पी एफ योजना का श्भारंभ किया यह योजना उन सभी राज्यों में श्रू की गई है जहां आय्ष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू है ग़हमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार स्रक्षा बलों और उनके परिवार के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है इसलिए सरकार ने उनके लिए आय्ष्मान भारत योजना की श्रूआत की है उन्होंने कहा कि कैशलेस आय्ष्मान भारत योजना से लोगों की जिंदगी में बदलाव आया है

यह छात्र सैनिक स्कूल के एंटरेंस परीक्षा के लिए एडवांस कोचिंग ले रहे है एक दिन चले इस कार्यक्रम में शिरकत करते ह्ए पासीघाट वेस्ट विधायक निनोंग ईरिंग ने इस कार्यक्रम को एक यादगार स्थानीय कार्यक्रम कहा इस दौरान उन्होंने अभिवावको से अपने बच्चों को सही राह दिखाने को कहा ताकि वे भविष्य में मानव संसाधन बने और राष्ट्र के लिए उपलब्धियां हासिल करे इस अवसर पर सैनिक स्कूल के प्रींसीपल लेफ्टेनेंट कर्नल राजेश क्मार ने कहा कि सूपर थर्टी निबरहूड फर्स्ट उनकी दल की एक पहल है जिसके तहत वे आसपास के गांव के बच्चों को सैनिक स्कूल में भर्ती का अवसर प्रदान कर रहा है उन्होंने साथ ही कहा कि प्राधिकरण द्वारा आयोजित एंटरेंस टेस्ट में क्वालीफाई करने के अलावा सैनिक स्कूल में प्रवेश प्राप्त करने का कोई सॉर्टकट रास्ता नहीं है

वे राष्ट्रीय प्स्तकालय और विक्टोरिया मेमोरियल में आयोजित हो रहे कार्यक्रमों की अध्यक्षता की श्री मोदी ने विक्टोरिया मेमोरियल में एक प्रदर्शनी और स्भाष चन्द्र बोस पर एक प्रोजेक्शन मैपिंग शो का उद्घाटन किया एक सांस्कृतिक कार्यक्रम अमरा नूतौन जौबोनेरी द्र्त भी आयोजित किया जाएगा प्रधानमंत्री ने दक्षिण कोलकाता स्थित सेनानी स्भाष चन्द्र बोस के पैत़क निवास स्थान नेताजी भवन का दौरा किया और महान स्वतंत्रता सेनानी को श्रद्वांजलि अर्पित की

असम के कोकराझार में पहले बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र समझौता दिवस के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हए ग़हमंत्री ने कहा कि एक समय था जब ये क्षेत्र आतंकवाद और खून खराबे के लिए जाना जाता था लेकिन यह क्षेत्र अब राज्य का सबसे विकसित क्षेत्र बन च्का है